प्रदेश के आम लोगों को सेना के डॉक्टरों से मिल सकेगा प्राथमिक उपचारराज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के अनुरोध के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने दिया आश्वासन अल्मोड़ा के चौबटिया में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू हुआदोनों देशों को सैनिक जवाबी और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई से निपटने का अभ्यास करेंगे

स्लग वित्त मंत्री हल्द्वानी में संसदीय कार्य और वित्त मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में आपदा से हुए नुकसान से संबंधित विषयों पर भी चर्चा होगी साथ ही कई विभागों के एक्ट संशोधन के लिए विधानसभा पटल पर रखे जाने हैं

इसके अलावा निजी चीनी मिलों को भी गन्ना किसानों का पेराई सत्र से पहले सत प्रतिशत भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं देहरादून में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं स्लग अनिल बलूनी उत्तराखंड के सामान्य नागरिकों को भी अब सेना के चिकित्सकों से प्राथमिक उपचार मिल सकेगा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस सिलसिले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी उन्होंने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखंड के उन सैन्य क्षेत्रों में जहां सेना के चिकित्सक उपलब्ध हैं वहां सामान्य नागरिकों को भी स्वास्थ्य सुविधा मिले इस दौरान दुर्गम क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करने पर भी चर्चा हुई श्री बलूनी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने राज्य के पलायन की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वे उत्तराखंड की परिस्थितियों से अवगत हैं उन्होंने कहा कि सीमांत वासियों को स्वास्थ्य की सुविधा प्राथमिक रूप से मिले इसके लिए सेना के संबंधित कमान से चर्चा की जाएगी सांसद बलूनी ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश में सेना के साथ साथ प्ज्ठचैठ और ब्ल्थ की बटालियनें भी हैं इस संबंध में वो केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे

देहरादून में हिंदी पखवाड़ा के तहत आयोजित विचार विमर्श गोष्ठी में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय भाषा अभियान के तहत हिन्दी और अन्य मातृभाषाओं के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्य भारत की आत्मा को जागृत करने का प्रयास है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से हिन्दी और मातृभाषाओं के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने दिव्य हिमगिरि हिन्दी के विकास में हिमवंत का योगदान पुस्तक का विमोचन भी किया स्लग सीएम संगोष्ठी वहीं एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमें अपनी भाषा और परंपराओं पर गर्व होना चाहिए उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में अपनत्व का भाव होता है देहरादून मेंजनता को जनता की भाषा में न्याय विषय पर हुई संगोष्ठी में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जनता को उसकी भाषा में न्याय मिले उन्होंने हाईकोर्ट में अंग्रेजी के साथ हिन्दी में भी निर्णय दिये जाने की व्यवस्था की बात कही श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में अपनी बोली भाषा संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ावा देने के लिये भी प्रयास किये गये हैं विश्वविद्यालयों में दीक्षान्त समारोह में स्वदेशी वेशभूषा का चलन शुरू किया गया है उन्होंने कहा कि अपनी थाईलैण्ड सिंगापुर आदि देशों की यात्रा के दौरान भी उन्होंने वहां निवास कर रहे भारतीय मूल के प्रवासियों से जब हिन्दी में बात की तो उन लोगों ने इसकी काफी सराहना की श्री रावत ने कहा कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश राजस्थान और बिहार के हाईकोर्ट में अंग्रेजी के साथ साथ हिन्दी में निर्णय दिये जाने की व्यवस्था है यह व्यवस्था उत्तराखण्ड में भी होनी चाहिए उन्होंने अधिवक्ताओं से भी इसमें सहयोग की अपेक्षा की

रैली में ढोल नगाड़ों के साथ गन्दगी को दूर भगाओ स्वच्छता को अपनाओं जैसे नारे देकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई इस रैली में पालिका के विभिन्न वार्डो के स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों और आम जन मानस शामिल हुए लोगों से अपने घरों के आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखने घर के कूड़े को सार्वजनिक कूडेदान में डालने पॉलीथीन का प्रयोग न करने दुकान के बाहर कूड़ेदान रखने की अपील की गई

इसके तहत स्वच्छता से संबधित विभिन्न कार्यक्रमों नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कर स्वच्छता का संदेश आम जनमानस तक पहुंचाया जा रहा है स्लग ओजोन परत दिवस देहरादून में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के उपलक्ष्य में वन विभाग की ओर से एक जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया गोष्ठी में छात्र छात्राओं को वातावरण में ओजोन परत के महत्व के बारे में जानकारी दी गई वक्ताओं ने कहा कि धरती के वातावरण में ओजोन परत का विशेष महत्व है लेकिन अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण इसे नुकसान पहुंच रहा है इसलिए हर व्यक्ति का दायित्व है कि वह पर्यावरिणीय महत्व को समझे और अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन बेहतर ढंग से करे

इस दौरान हुए समारोह में दोनों देशों के झंडे फहराये गये

इस अवसर पर गरूड़ डिविजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने अमेरिकी सैनिकों का स्वागत किया और भारत अमेरिका की इस प्रकार की साझेदारी को प्रजातंत्र स्वतंत्रता समानता और न्याय को दोनों देशओं के लिए मूल्यवान बताया दो हफ्तों तक चलने वाले सैन्य युद्वाभ्यास के दौरान जवाबी और आतंकवाद विरोधी कार्रवाईयों से निपटने की कार्यकुशलता और तकनीकी कौशल देखने को मिलेगा दोनों देशों की सेनाएं निगरानी और ट्रैकिंग उपकरण आतंकवादियों से निपटने के लिए विशेष हथियारों विस्फोटक आईईडी डिटेक्टर्स और नवीनतम संचार उपकरणों का प्रयोग करेंगी दोनों देशों के सैनिक खतरों से निपटने के लिए सुविकसित कुशल ड्रिल के जरिए योजनाबद्व तरीके से ट्रेनिंग लेंगे इस दौरान दोनों देशओं के सैन्य विशेषज्ञ विभिन्न विषयों पर एक दूसरे के अनुभवों को साझा करेंगे स्लग डिजिटल इंडिया कैशलेस इकोनॉमी का लक्ष्य हासिल करन के लिए शुरू की गई डिजिटल इंडिया मुहिम में ग्रामीण इलाकों के लोग भी जुड़ने लगे हैं चंपावत जिले के मोराड़ी गांव के रमेश जोशी वाहन चालक हैं वो बताते हैं कि पहले छोटे मोटे काम के लिए जिला मुख्यालय आना जाना पड़ता था जब से डिजिटल इंडिया अभियान को बढ़ावा दिया गया है तब से काम आसानी से हो जाते हैं बैकिंग बिजली पानी के बिल समेत कई कार्य घर बैठे ऑनलाइन ही हो जाते हैं

डिजिटल होने से समय और कागज की बचत हो रही है परचून की दुकान चलाने वाले नितीश राय का कहना है उन्होंने स्वैप मशीन लगा दी है क्योंकि लोग अब डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ रहे हैं

नकद पर निर्भरता और जरूरी कामों के लिए दौड़भाग कम हुई है अब शहर ही नहीं ग्रामीण भारत भी डिजिटल हो रहा है स्लग नवरात्र कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रदेश के पुरातन मेलों में से एक मां श्री कुंजापुरी मेले के सफल संचालन के निर्देश दिये हैं टिहरी जिले के नरेंद्रनगर में हुई बैठक में मां श्री कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले की तैयारियों को लेकर कृषि मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को किसी तरह की लापरवाही न करने की हिदायत दी है उन्होंने कहा कि मेले के दौरान नरेन्द्रनगर और कीर्तिनगर में तैनात कोई भी अधिकारी बिना जिलाधिकारी की अनुमति के जनपद नहीं छोड़ेंगे उन्होंने कृषि एवं उद्यान विभाग को संयुक्त रुप से भव्य झांकी तैयार करने को कहा है इसके अलावा श्री उनियाल ने विभिन्न विभागों को स्थानीय व्यंजन कपड़े आदि के स्टॉल लगाने के भी निर्देश दिये गौरतलब है कि शरदकालीन नवरात्र के अवसर पर गढ़वाल के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां श्री कुंजापुरी में पर्यटन एवं विकास मेले का आयोजन किया जाएगा